गोविंद ठाकर ने कहा कि इतिहास को उजागर करने में ठाकूर राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने शोधार्थियों से भारतीय दृष्टि से शोध परक कार्य कर इतिहास के छपे तथ्यों को समाज के समक्ष उजागर करने का आग्रह किया भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि ठाकुर राम सिंह की यात्रा ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है जिसे देश और प्रदेश हमेशा याद रखेगा सुरेश भारद्वाज ज़िला शिमला में कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ोतरी हुई है ताकि अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके ये बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमलो में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने जसवां परागपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की उन्होंने नाबॉर्ड विभिन्न ग्राम सड़क योजनाओं अन्य सड़क निर्माण योजनाओं और विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

उन्होंने अधिकारियों को डाडासिबा और रक्कड़ में संयुक्त कार्यालय व कोटला बेहड़ डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्यो को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने अमलेहड़ में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और आधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों का जीवन ख्रशहाल बनाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय व पंचायत चुनाव में अधिकतर जन प्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुन कर आए हैं परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का अच्छा शासन धरातल पर दिखे का संदेश लोगों के दिलों में घर कर रहा है उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को कर्मचारी हितैषी सरकार करार दिया जबकि कांग्रेस में नेतृत्व नीयत और नियती की कमी बताया

क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि ये जागरूकता अभियान मुख्य चिकित्सा कार्यालय शिमला के सहयोग से शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी पांच दिन तैक चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज शिमला के सीटीओ में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला ने नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के ज़रिए लोगों को जागरूक किया कलाकारों ने कोरोना वैक्सीन के बारे में फैली भ्रांतियों से दूर रहने और वैक्सीन के सुरक्षित होने का संदेश दिया